बुलन्दशहर हिंसा के मामले में दो और आरोपित गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपितों की संख्या तेरह हुई

उन्होंने कहा कि इससे न केवल कारोबार करने की रैंकिंग में सुधार आयेगा बल्कि छोटे छोटे कारोबारियों और आम आदमी का जीना भी सरल होगा कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में कारोबार को सुगम बनाने के लिए उठाये गए कदमों में प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक उभरती तथा जीवन्त अर्थव्यवस्था के रूप में यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्ष दो हजार एक में कल ही के दिन संसद पर हुए हमले के शहीदों को राष्ट्र ने श्रद्वांजलि अर्पित की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सांसदों ने संसद भवन परिसर में शहीदों को श्रद्वांजलि दी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सहित केन्द्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित किये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि नफरत और आतंक की शक्तियों ने भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को निशाना बनाया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले के दौरान अपना जीवन बलिदान करने वाले शहीदों का साहस और उच्च आदर्श सभी भारतीयों को प्रेरणा देते हैं केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश को लोक लुभावन योजनाओं से बचना चाहिए क्योंकि इनका लाभ क्षणिक होता है और इससे लंबे समय तक फायदा नहीं मिलता है नई दिल्ली में कल भारतीय आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जेटली ने कहा कि ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचा और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर इसका विकास किया जा सकता है न कि खैरात बांटकर या निशुल्क वस्तुएं देकर रिजर्व बैंक के बारे में वित्तमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बैंक की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए लेकिन रिजर्व बैंक और सरकार के बीच मतमेदों का भी आदर किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि देश में एक संप्रमु सरकार है जो अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रबंधक है श्री जेटली ने कहा कि बुनियादी ढांचा ग्रामीण भारत महिलाओं की भागीदारी और प्राकृतिक संसाधन से संपन्न क्षेत्रों में सबसे अधिक निवेश की जरूरत है केन्द्र सरकार ने दो सौ छत्तीस शहरों में छह सौ तिरासी निजी एफ एम रेडियो चैनलों की नीलामी की मंजूरी दे दी है इनमें से कुछ दूर दराज के इलाकों के लिए भी होंगे सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि झारखंड में गोड्डा में एक एफ एम रिले स्टेशन की स्वीकृति दी गई है जिसके लिए एक ट्रांसमीटर खरीदा जा रहा है सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि उन्नत तकनीकी से निजता और नियमन के क्षेत्रों में नई चुनौतियां सामने आई हैं श्री खरे मनोरंजन और मीडिया उद्योग में बौद्विक सपंदा अधिकार और साहित्यिक चोरी के विषय पर नई दिल्ली में एसोचैम की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री खरे ने कहा कि मनोरंजन उद्योग में तीस प्रतिशत की वृद्वि हुई है इसमें हर साल डेढ़ लाख और रोज़गार जुटाने की क्षमता है उन्होंने कहा कि इस उद्योग को साहित्यिक चोरी से बचाना सरकार की प्राथमिकता है श्री खरे ने कहा कि इस दिशा में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ विचार विमर्श जारी है और अगर ज़रूरी हुआ तो क़ानून में बदलाव किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक अगले महीने ग्यारह और बारह तारीख को नई दिल्ली में होगी इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद पार्टी महासचिव भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक में राष्ट्रीय परिषद की बैठकों की ये तारीखें तय की गई हैं उन्होंने बताया कि अगले महीने की उन्नीस और बीस तारीख को नागपुर में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की दो दिवसीय बैठक होगी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देशभर में राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक विश्राम गृह का निर्माण करेगा लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल दूसरे दिन भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिनमर के लिए स्थगित कर दी गई लोकसभा में राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितताओं और कुछ अन्य मुद्दों की वजह से हंगामा हुआ दो बार के संक्षिप्त स्थगन के बाद सदन की बैठक फिर शुरू होने पर कांग्रेस सदस्य राफेल विमान सौदे के बारे में सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए वामदल राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद और अन्य सदस्य भी उठकर शोर मचाने लगे शोरगुल के बीच लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी उधर राज्यसभा में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और डीएमके के सदस्यों के तमिलनाड् में कावेरी थाले के किसानों को संरक्षण देने की मांग के कारण सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई

उन्होंने तीन राज्यों में पार्टी की हार के बारे में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है जबकि मध्य प्रदेश में कुछ सीटों से सत्ता हासिल करने से वंचित रह गये हैं

उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया बुलन्दशहर हिंसा के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों सौरभ पायल और रमेश को गिरफ्तार कर लिया है इन्हें लेकर इस मामले में अब तक तेरह आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं बुलंदशहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज सहित सभी फ़रार आरोपियों के ख़िलाफ़ ग़ैर जमानती वारंट जारी किया है इससे पहले पुलिस इस मामले में एक अन्य प्रमुख आरोपी सेना के जवान जितेन्द्र मलिक उर्फ जीतू को गिरफ्तार कर चुकी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फरार अमियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही हैं अगर ये आरोपित समपर्ण नहीं करते हैं या उनकी गिरफ्तारी नहीं हो तो पाती तो उनके ऊपर शीघ्र ईनाम घोषित किया जायेगा और उनकी सम्पत्ति कुर्क कर ली जायेगी तीन दिसम्बर को हुई इस हिंसा के मामले में सत्ताईस नामज़द और चौसठ अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की गई है विशेष जांच दल एसआईटी इस मामले की जांच कर रहा है रेलवे आगामी जनवरी में प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले के लिए सात अरब रुपए की लागत से इकतालीस परियोजनाओं पर काम कर रहा है इनमें से उन्तीस परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और बाकी जल्द ही पूरी हो जाएंगी कुंभ में आने वाले श्रद्वालुओं के लिए प्रयागराज ज़िले के विमिन्न स्टेशनों से लगभग आठ सौ विशेष रेलगाड़ियां चलाये जाने का प्रस्ताव भी है